कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों को इस वर्ष मई और जून महीने के लिए अतिरिक्त अनाज आवंटित करने करने की स्वीकृति दी है केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए तीसरे चरण के तहत और दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज आवंटित करने की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को अपनी मंजूरी दी है

कई टवीट कर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के लिए सिविल और इलैक्ट्रिकल कार्यो के लिए नोडल एजेंसी होगी ओर युद्ध स्तर पर इन कार्यो को मुकम्मल करेगा उन्होंने कहा कि हमारे अभियंता जरूरतमंद मरीज़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करेंगे मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक देशवासी की जान बचाने के लिए रिकार्ड गति से यह कार्य करेंगा ग़ह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार य्दध स्तर पर काम कर रही है गृहमंत्री आज अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल मे लगाये गये ऑक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में छ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किये जा रहे है करनाल और सोनीपत में लगाये गये ऑकसीजन संयंत्रो से उत्पादन श्रू हो गया है उन्होंने कहा कि अम्बाला के नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र से आज ही ऑक्सीजन उत्पादन श्रू हो रहा है उन्होंने बताया कि पंचकूला फरीदाबाद और हिसार में भी अगले दो तीन दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र शुरू हो जायेंगे

इसके लिए अधिकारियों को उचित प्रक्रिया श्रू करने के निर्देश दिये गये है

उन्होंने अधिकारियों से उड़ीसा से हरियाणा के कोटे की ऑक्सीजन लाने के लिए शीघ्र ही हर संभव प्रयास करने को कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों में टॉसिलि जुमाब व रेमडेसिविर के टीके उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने को भी कहा है श्री विज ने कहा कि यह टीके सरकारी अस्प्तालों में निःशुल्क और निजी अस्पतालों को खरीद मूल्य पर आवश्यकतान्सार उपलब्ध करवाये जायेंगे रेल विभाग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और यात्रियों की कमी को देखते हये श्रीगंगानगर हरिद्वार विशेष रेलगाड़ी कल छ मई से आगामी आदेशों तक रदद करने के आदेश दिये है अम्बाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन ने बताया कि रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये यह निर्णय लिया है

रोहतक जिले के कोविड अस्प्तालों पर दबाब को कम करने के लिए रोहतक में टू डेयर केयर सेंटर स्थापित किये गये है इस केन्द्रों में कोरोना महामारी के सामान्य लक्षणों वाले मरीज़ों को परामर्श देने के साथ् साथ ऑक्सीजन थैरपी आदि सुविधायें भी दी जा सकेंगी

इसके अलावा मकडौली खर्द गांव में ऑक्सीजन बॉटलिंग संयंत्र पूरी तैयार है जिसे पीजीआई की की मांग पर उन्हें सौंप दिया गया है करनाल के सामान्य अस्प्ताल में आक्सीजन की उपलब्धत के लिए पीएसए संयंत्र की श्रूआत की गई है इस संयंत्र से अस्पतालों मरीज़ों को बिना रूकावट के ऑकसीजन मिलनी शुरू हो जायेगा

आर्थिक मामलों के केन्द्रीय समिति ने आईडीबीआई बैंक के प्रबंधकीय नियंत्रण के तबादले सहित बैंक सहित बैंक के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है इस समय जीवन बीमा नगमर के पास आईडीबीआई का प्रबंधकीय नियंत्रण है और यह बैंक का प्रोमोटर है तथा भारत सरकार इसकी सह प्रोमोटर है बैंक में भारत सरकार एवं जीवन बीमा निगम दवारा कितने हिस्से का विनिवेश किया जायेगा यह फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह से सौदे की रूप रेखा तय करते समय लिया जायेगा

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध मे सांसद डॉ अरविंद शर्मा व अन्य नेता आज रोहतक में धरने पर बैंठे दो घंटे तक चले इस धरने मे बीजेपी सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से चूनाव हआ लेकिन ममता बैनर्जी की हार को त्रिणमूल कांग्रेस पचा नहीं पाई यही कारण है कि त्रिणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी